सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं के लीक पेपर की परीक्षा दोबारा करवाने का निर्णय लिया

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की उपयोग प्रमाणपत्र जमा कराने में देरी को लेकर कैग ने नाराजगी जताई है

बोर्ड परीक्षा उत्तराखंड बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में किसी शिक्षक की त्रुटि मिलने पर उसका पारिश्रमिक रोक दिया जाएगा मुल्यांकन कार्य में पांच हजार परीक्षक और दो हजार अंकेक्षक लगाए जा रहे हैं मूल्यांकन केंद्रों में मोबाइल फोन का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है मूल्यांकन कार्य की तैयारियों को लेकर आज रामनगर स्थित बोर्ड मुख्यालय में प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों और केंद्रों के प्रधानाचायों की बैठक हुई वहीं दूसरी ओर मूल्यांकन केंद्रों के लिए तैनात मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण भी दिया गया ये अपने अपने केंद्र में जाकर अन्य परीक्षकों को इसका प्रशिक्षण देंगे उत्तराखंड बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मुल्यांकन कार्य पहली अप्रैल से शुरू होगा पेपर लीक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं के दो पेपर लीक होने की घटना को देखते हुए उनकी परीक्षाएं दोबारा आयोजित कराने का निर्णय लिया है सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक द्वारा आज जारी नोटिस के अनुसार बारहवीं कक्षा के अर्थशास्त्र के पेपर और दसवीं कक्षा के गणित के पेपर लीक होने की खबर का संज्ञान में लेते हुए इन्हें दोबारा आयोजित कराने का फैसला लिया गया है इन परीक्षाओं के लिए नयी तिथियों और इससे संबंधित अन्य विवरणों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर सीबीएसई की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी गौरतलब है कि पिछले दिनों बारहवीं की एकाउंट और बिजनेस स्टडीज की परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरें मीडिया में आयी थीं लेकिन सीबीएसई ने इनका खंडन किया था उसके बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एकाउंट परीक्षा के पेपर लीक होने की जानकारी खुद ट्वीट करके दी थी और इसकी जांच कराने का भी निर्णय लिया था जायजा मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया उन्होंने धाम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों को जल्द पूरा करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए श्री सिंह ने कहा कि आगामी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए यहां बेहतर सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है मौसम खराब होने के चलते सरस्वती घाट पर निम द्वारा बंद किए गए काम को उन्होंने दोबारा से शुरू करने के निर्देश दिए उन्होंने सरस्वती घाट पर निर्मित चबूतरे के चारों ओर मलबा हटाकर सौंदर्यीकरण का काम करने को कहा मुख्य सचिव ने विद्यत विभाग को एक सप्ताह के भीतर मंदिर के समीप लगे विद्युत पोल हटाकर भूमिगत केबल बिछाने का काम जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए वहीं जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल पुर्ननिर्माण कार्यों की देखरेख के लिए केदारनाथ में ही ठहरे हुए हैं जिलाधिकारी ने कहा कि पुर्ननिर्माण कार्य पूरा करने के साथ ही यात्रा तैयारियों को चाक चौबंद करना उनकी प्राथमिकता है दुर्घटना पौड़ी जिले के द्वारीखाल ब्लॉक के ग्वीली मार्ग पर कल एक सड़क द्वर्घटना में चार लोगों की मृत्य हो गई जबकि अन्य पांच घायल हो गए ये सभी लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं हादसा उस समय हआ जब बन्नी गांव के ये नौ लोग एक वाहन से सिलोगी से वापस अपने घर लौट रहे थे कार के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने के कारण यह दुर्घटना हुई दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने बचाव अभियान चलाकर शवों व घायलों को खाई से बाहर निकाला घायलों का राजकीय संयुक्त चिकित्सालय कोटद्वार में उपचार किया जा रहा है आईटीबीपी मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून के रेस कोर्स में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा आयोजित हिमालय के वीर कार्यक्रम में प्रतिभाग किया देश के युवाओं में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने और उन्हें सशस्त्र बलों के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था इस दौरान स्मार्ट परेड मोटर साइकिल कलाबाजी महिला पाइप बैंड और ब्रास बैंड का प्रदर्शन किया गया इसके अतिरिक्त बल के तैनाती स्थलों वाले सभी प्रदेशों की सांस्कृ तिक शैलियों को भी दिखाया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटीबीपी देश की सेवा में लगातार काम कर रही है उत्तराखण्ड में चारधाम यात्रा एवं प्राकृतिक आपदाओं के समय आईटीबी पी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन से युवाओं को सशस्त्र बलों की ओर आकर्षित करने में सहायता मिलेगी बार चुनाव उत्तराखंड बार काउंसिल के सदस्यों के चुनाव के लिए आज मतदान हुआ देहरादून समेत प्रदेश भर में अधिवक्ताओं ने उत्साह के साथ मतदान में हिस्सा लिया

अधिवक्ताओं में चुनाव को लेकर काफी उत्साह नजर आया चुनाव को देखते हुए पूरे कचहरी परिसर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे इस बार आठ साल बाद बार काउंसिल के लिए चुनाव हुए हैं मतों की गिनती हाईकोर्ट नैनीताल में होगी कैग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की उपयोग प्रमाणपत्र जमा कराने में देरी करने पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने नाराजगी जताई है कैग ने कहा कि प्रमाणपत्र के अभाव में धन का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए नहीं किए जाने का संदेह होता है

इसमें कहा गया है कि इस दौरान वित्तीय प्रबंधन में अनेक अनियमितताएं पाई गईं हैं

इसमें कहा गया है कि प्रमाणपत्र जमा नहीं कराने से यह तय नहीं किया जा सका कि प्राप्तकर्ताओं ने कोष का इस्तेमाल उसी उद्देश्य में किया जिसके लिए उन्हें धनराशि आवंटित की गई थी अथवा नहीं

बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा व्यापक विचार विमर्श के बाद बढ़ाई जा रही है

न्यायालय ने कहा था कि जब तक पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ आधार की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला नहीं देती बायोमीट्रिक योजना लागू करने की समयसीमा बढ़ाई जाए सरकार ने चौथी बार समयसीमा बढ़ाई है श्भकामना राज्यपाल डॉ कृष्ण कांत पॉल ने प्रदेशवासियों को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि भगवान महावीर ने सत्य अहिंसा और प्राणि मात्र के प्रति दया भाव की जो शिक्षा दी वो आज भी प्रासंगिक है डॉ पॉल ने कहा कि समाज में प्रेम समरसता व सदभाव के लिए जीवन में भगवान महावीर के सिद्धांतो को अपनाए जाने की आवश्यकता है उत्तराखण्ड विधान सभा अध्यक्ष प्रेम चन्द अग्रवाल ने भी महावीर जयंती के मौके पर प्रदेश वासियों को श्भकामनाए दी हैं

इनमें राज्यसभा के चार मनोनीत सदस्य भी हैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राज्यसभा संसद का प्रतिष्ठित सदन है और देश के लोकतंत्र में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है श्री मोदी ने कहा कि सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों ने अपने अनुभव और ज्ञान से संसद में महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि तीन तलाक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पर फैसला करते समय ये सदस्य सदन में मौजूद नहीं रहेंगे सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इन सदस्यों के योगदान से सदन में सार्थक और जीवंत चर्चा हुई और संसदीय समितियों में उनका अमूल्य योगदान रहा

अगस्त्यमुनि कीडा मैदान में आयोजित कार्यक्रम का उदघाटन करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि पहाड़ की पारम्परिक धरोहर को विकसित करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है इससे चारधाम यात्रा के दौरान देश विदेश से आने वाले पर्यटक और श्रद्वालु पहाड़ की संस्कृति से रूबरू हो सकेंगे

शिविर में कानूनी जानकारी देने के साथ ही सभी विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जायेगी साथ ही शिविर में लोगों का निःशुल्क सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा